विधानसभा में आज विपक्षी सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा कथित रूप से प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले दो बार और फिर कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी प्रदेश में बच्चों के पोषण की स्थिति की जांच के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से शुरू हुआ वजन त्यौहार एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम नान घोटाला अंतागढ़ टेपकांड छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बहचर्चित नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाला मामले में राज्य शासन को बाईस फरवरी से पहले स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है इसके आधार पर बाईस फरवरी को होने वाले सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि इस मामले की सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए या नहीं ै कोर्ट ने आज इस मामले में कई लोगों की जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की गौरतलब है कि नान घोटाला मामले में हमर संगवारी सुदीप श्रीवास्तव और कई अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है वहीं अंतागढ़ टेपकांड मामले में मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता की याचिका पर भी आज सुनवाई हुई न्यायालय की एकल पीठ ने किसी कारण से इस मामले को सुनने से इंकार कर दिया यह मामला न्यायाधीश आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच में लगा था अब इस मामले में अगली सुनवाई इक्कीस फरवरी को होगी यह सुनवाई हाईकोर्ट की किसी अन्य बेंच द्वारा की जाएगी गौरतलब है कि मंतूराम पवार और पुनीत गुप्ता ने अपने खिलाफ हुई एफआईआर और एसआईटी जांच के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है

हंगामे के कारण पहले सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी और उसके बाद भी जब हंगामा नहीं रूका तो सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवरतन शर्मा ने आज सदन में इस बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हए सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक अजय चंद्राकर बुजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष द्वारा प्रदेश में भय का माहौल बनाया जा रहा है भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार जन आकांक्षाओं के कामों को छोड़कर बदले की भावना से काम कर रही है विपक्षी सदस्यों ने अंतागढ़ टेपकांड सहित विभिन्न मामलों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति है और लोकतंत्र पर संकट है विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विपक्ष के इस स्थगन प्रस्ताव को अग्राहय नहीं किया उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान अपने विचारों को रख सकते हैं लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इसके बाद भी हंगामा जारी रखा जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी बाद में विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हए सदन के गर्भगृह में पहुंच गए इसके बाद विधानसभा के नियमों के अनुसार गर्भगृह में पहुंचे चौदह विधायक स्वमेव निलंबित हो गए इनमें भाजपा के ग्यारह और जनता कांग्रेस छत्तीसंगढ़ के तीन विधायक शामिल हैं इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई बाद में निलंबित विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना भी दिया

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने एक सवाल पर हई चर्चा के दौरान यह जानना चाहा कि विधानसभा चुनाव के पहले स्वीकृत किए गए कितने कार्यो को सरकार ने रोक दिया है जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि स्वीकृत कार्यो की समीक्षा की जा रही है तथा प्राथमिकता के हिसाब से काम मंजूर किए जा रहे हैं इस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने उन कामों को भी रोक दिया है जिन्हें बस्तर के विधायकों ने प्राधिकरण क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर उनकी जरूरतों के अनुसार स्वीकृत किए थे भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग के भी कई काम बंद हो गए हैं उन्होंने कहा कि जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी और यदि इन कार्यों पर से रोक नहीं हटाई गई तो प्रदेश में पेयजल की दिक्कत हो सकती है इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले अनेक कार्यो के भूमिप्रजन और शिलान्यास किए थे इसलिए नई सरकार अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृत कार्यो का परीक्षण कर रही है विपक्षी सदस्यों ने जब बार बार इस मुद्दे को उठाया तो मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजधानी रायपुर की स्काई वाक परियोजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस परियोजना का अब क्या किया जाए इस बारे में विपक्षी सदस्य अपना जवाब दें इसके बाद सत्तापक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई बाद में विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया

महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने आज दूर्ग में वजन त्यौहार कार्यक्रम का श्भारंभ किया बीस फरवरी तक चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम में पांच वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर की जांच और ग्यारह से अट्ठारह वर्ष की किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा इस दौरान कम वजन वाले बच्चों को चिन्हांकित कर क्पोषण की सही स्थिति का पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा इस अभियान में किशोरी बालिकाओं की जांच को इसी वर्ष से शामिल किया गया है प्रशासन ने वजन त्यौहार के दिन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को शाम पांच बजे तक खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं नाला रिचार्ज राज्य सरकार ने कहा है कि प्रदेश में भू जल स्तर बढ़ाने के लिए सभी नालों का रिचार्ज किया जाएगा जिससे गांवों में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भू जल स्तर बढ़ाने के लिए नालों को रिजार्च करना सबसे अच्छा माध्यम है उन्होंने कहा कि पाटन क्षेत्र में जिन नालों में रिचार्ज का काम किया गया था वहां भूमिगत जल स्तर बढ़ गया है अब इसी तरह से पूरे प्रदेश के नालों में काम किया जाएगा मुख्यमंत्री धान खरीदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों की ऋणमाफी और बढ़े हए समर्थन मूल्य ढाई हजार रूपये की दर से धान खरीदी होने से न केवल किसानों की बल्कि छत्तीसगढ़ की संपूर्ण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी उन्होंने कहा कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से व्यापार में भी उछाल आएगा श्री बघेल कल बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा में बसंत पंचमी के मौके आयोजित परमेश्वरी महोत्सव को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देवांगन समाज के परम्परागत् व्यवसाय ब्रनकरी का जिक्र करते हए कहा कि बुनकरी के अंतर्गत कपडे निर्माण में समय की मांग के अनुरूप आधुनिक डिजाइन को शामिल करना चाहिए श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए देवांगन समाज को सलाहकार मुहैया कराएगी

इस मौके पर राजधानी रायपुर में एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर दीनदयाल जी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया गया दुर्ग में भी भाजपा की जिला इकाई द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया खेल मड़ई छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित दो दिवसीय खेल मड़ई का कल समापन हुआ खेल मड़ई में ओव्हरऑल चैंपियन पीवी सिंधु दल रहा इस दल ने क्रिकेट कबड्डी और रस्साकसी में पहला स्थान प्राप्त किया इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव सिद्वार्थ कोमल परदेसी अकादमी के संचालक आलोक अवस्थी और कार्यालय प्रमुख सुभाष मिश्र ने विजयी टीमों और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया मौसम पिछले दिनों हुई बारिश के बाद बादल छंटते ही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है जिसकी वजह से बिलासपुर और दुर्ग में काफी ठंड पड़ रही है पेण्ड्रा रोड़ में सबसे कम छह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जो सामान्य से सात डिग्री कम है संक्षिप्त समाचार नारायणपुर जिले के कुंदला गांव के पास माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रक टिप्पर ट्रैक्टर और जेसीबी को आग के हवाले कर दिया है बिलासपुर में ट्रेलर और वैन के बीच हुई जोरदार टक्कर से दोनों वाहनों में आग लग गई जिसकी वजह से वैन चालक की जलकर मौत हो गई गरियाबंद पुलिस ने हिरण के छह नग सींग के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक हिरण के सींग को बेचने की फिराक में था मामला छरा वन परिक्षेत्र के रसेला गांव का है इसी जिले के धवलपुर परिक्षेत्र में नर तेंदुआ और एक बछड़े की कुएं में गिरने से मौत हो गई बिलासपुर पुलिस ने भालू का शिकार कर उसके अंग बेचने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले में मीटर रीडरों ने मीटर रीडिंग का काम प्रायवेट कंपनियों को दिए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया रायपुर के एक सराफा व्यापारी के यहां पिछले दिनों हई लाखों रूपये की चोरी के मामले में पुलिस ने एक बालक सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है